त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में तीन चरणों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हो गई सोमवार से शुरू हुई मतगणना आज पूरी हुई

राज्यपाल नैनीताल राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने कहा है कि देश और प्रदेश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए सभी नागरिकों को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए नैनीताल में एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने में विद्यार्थियों को अहम भूमिका निभानी होगी और समाज में जनजागरूकता लानी होगी उन्होंने विद्यार्थियों को समाज सेवा में भी योगदान देने के लिए प्रेरित किया

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने शारीरिक सांस्कृतिक बौद्विक और शैक्षिक क्रियाकलापों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिये बनाई गयी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे या परोक्ष रूप से प्रदेश के किसानों और आमजन को लाभ पहुंचाया जायेगा

उन्होंने कहा कि आज बाजार में खांडसारी की बहुत मांग है जो भी व्यक्ति खांडसारी उद्योग लगाना चाहता है राज्य सरकार उसके लिये अलग से ऋण की व्यवस्था करेगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आंचल अमृत योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को दूध के पैकेट भी वितरित किये सीएम पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ जिले के लिए दो योजनाएं स्वीकृत कर उनके लिए धनराशि जारी कर दी है

इसके साथ ही जिले के विण विकासखंड में ट्रांसपोर्ट नगर एंजेला एंजोला रंग हॉस्टल के लिए सोलर हैंड पंप लगाए जाने की स्वीकृति के साथ ही इस योजना के लिये भी पूरी धनराशि जारी कर दी गई है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश की रक्षा और निगरानी के लिए यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी आईआरडीई देहराद्न में पिछले चार दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हो गया प्रकाशिकी और विद्युत प्रकाशिकी विषय पर चले इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के वैज्ञानिकों विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने भाग लिया आई आर डी ई के सह निदेशक प्रनीत वशिष्ठ ने कहा कि हमारा उददेश्य यहां सबको एक मंच पर लाना है सम्मेलन में सामरिक अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों के लिए निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक और नाइट विजन उपकरणों के विकास पर जोर दिया गया

आज हल्द्वानी में वीर भट्टी के पास नैनीताल पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया

यह पुलिसकर्मी राज्यपाल के कार्यक्रम की ड्यूटी पर गए थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायल अन्य दो पुलिस कार्मिकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की राज्यपाल ने जिलाधिकार सविन बसंल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा को घायल पुलिसकर्मियों के इलाज में कोई कमी न करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है

लोगो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है घटना के मुताबिक पोखरी पैनी कुजासु मोटरमार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी कार कर्णप्रयाग से कुजासू जा रही थी जब कार में सवार लोग घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन की जिसके बाद दुर्घटना का पता चला सूचना मिलते ही पुलिस राजस्व और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची ओर बचाव कार्य शुरू किया बचाव दल को कार सवार सभी पांच लोगों के शव खाई में मिले पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया खेल इंडिया देहरादून देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय मे आज खेल इंडिया एकेडमी के निशानेबाजों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्वालीफाई करने पर सम्मान किया गया पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने खिलाड़ियों को भागवत गीता की प्रति और शाल देकर सम्मानित किया उन्होंने कहा यह खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का नेतृत्व करेंगे

पांच दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न खेलकूद वाद विवाद निबन्ध प्रश्न मंच शैक्षिक प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ और अन्य कार्यक्रमो का आयोजन किया जायेगा दीपावली पर्व पर शराब व जुए जैसी सामाजिक कुरीतियों से ध्यान हटाने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया जाता है इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन समाज मे फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ ही हमारी सँस्कृति को जीवित रखने और स्थानीय युवाओ को आगे बढ़ाने में भी सहायक होते है बस रवाना रुद्रप्रयाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत रुद्रप्रयाग से गंगोत्री और बदरीनाथ धाम यात्रा रवाना की गई जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने यात्रियों की बसों को हरी इांडी दिखाकर रवाना किया

दोनों बसों के साथ एक एक गाइड भी है

विधिक शिविर चमोली गोपेश्वर में पराविधिक कार्यकर्ताओं को विधिक प्रशिक्षण दिया गया चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधिक और न्यायिक अकादमी के अपर निदेशक आशुतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी पैरालीगल वालेंटियर्स को न्यायपालिका और समाज में पीड़ित परिवार के बीच मध्यस्थता कर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करना है केवल कानून की जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि समाज में पराविधिक कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है वे किसी गरीब और जरूरतमंद को कानूनी जानकारी देकर उनकी सहायता कर सकते हैं